मुख्यमंत्री ने आज चम्पावत में ग्रोथ सेंटर समेत विभिन्न विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया

रुद्रप्रयाग में जिन स्कूली शिक्षकों की कोरोना रिपोर्ट पाजिटिव आई है वे स्कूल बन्द कराये गये शिक्षा विभाग ने दी जानकारी

आप भी हमारे साथ स्रक्षा और बचाव के तीन आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें मास्क पहने दो गज दूरी है जरूरी स्रक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ रखें पीएम ऑन नवाचार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश के युवाओं से जीवन को सरल बनाने वाले नवाचार को बढ़ावा देने की अपील की है उन्होंने ऐसे किसी भी कारोबार के लिए य्वाओं को सहलियत देने के प्रति आश्वस्त किया है

उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र में नव प्रवर्तन और नये स्टार्टअप में इतनी अधिक संभावना पहली बार पैदा हुई है उन्होंने कहा कि अब य्वा वर्ग को ग्णवत्ता विस्तार की संभावना विश्वसनीयता और अन्कूलता का नया मंत्र अपनाना होगा सीएम चंपावत म्ख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आज चम्पावत जिले में ग्रोथ सेंटर के लोकार्पण के साथ ही करोड़ों रूपये से निर्मित विभिन्न विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया म्ख्यमंत्री ने अपने एक दिनी दौरे में लोहाघाट विधानसभा क्षेत्र में स्थापित किये गए ग्रोथ सेंटर का लोकार्पण किया यहां के गाव के क्छ लोग प्श्तैनी लोहे के बर्तनों का निर्माण करते थे इसे बढ़ावा देने के लिए यहां ग्रोथ सेंटर बनाया गया है एक छत के नीचे अलग अलग मशीनें लगाकर स्थानीय कारीगर सामूहिक रूप से कार्य कर सकेंगे और तकनीक का लाभ उठा सकेंगे मुख्यमन्त्री ने चंपावत और लोहाघाट विकासनखंडों में पहली बार संचालित की जा रही म्ख्यमंत्री सीमांत क्षेत्र विकास कार्यक्रम योजना के तहत कार्ययोजनाओं का शिलान्यास और लोकर्पण किया

म्ख्यमंत्री ने बद्रीगाय संरक्षण एवं संवर्धन केंद्र का निरीक्षण भी किया पीएम स्वनिधि योजना समीक्षा म्ख्य सचिव ओमप्रकाश ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना के तहत जिन वेंडर्स का एप्लिकेशन अपलोड हो गया है दीपावली से पहले उनको ऋण वितरण कर दिया जाए इसके लिए बैंकर्स के साथ समन्वय बनाकर प्रक्रिया पूर्ण की जाए म्ख्य सचिव ने सचिवालय में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की समीक्षा की

उन्होंने कहा कि त्योहार का सीजन होने के कारण गरीब तबके के लोग इसका अधिकतम लाभ ले सकते हैं इसके लिए आवश्यक है कि सभी चिन्हित वेंडर्स को दीवाली से पहले ऋण आवंटित कर दिया जाए मुख्य सचिव ने कहा कि जानकारी कम होने के कारण बहुत से वेंडर्स इसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं इसके लिए कैंप लगाकर उन्हें वेंडर्स आईडी वेंडर्स सर्टिफिकेट और ऋण वितरण के लिए बैंक स्विधा एक जगह उपलब्ध करवा कर फैसिलिटेट किया जाए मुख्य सचिव ने बैंकर्स को भी इस योजना को गंभीरता से लेते हुए स्वीकृत एप्लिकेशन का ऋण वितरण जल्द से जल्द किए जाने के निर्देश दिए

पर्यटन सचिव दिलीप जावलकर ने बताया कि लाभार्थियों का चयन जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति के माध्यम से किया जायेगा मूल्यांकन समिति के परीक्षण के बाद प्रत्यक्ष लाभ हस्तान्तरण के माध्यम से अन्दान की राशि लाभार्थियों को अन्तरित की जायेगी उन्होंने कहा कि इस योजना के अन्तर्गत पारम्परिक पहाड़ी शैली में बने भवनों को प्राथमिकता दी जायेगी सम्बन्धित गांव के मूल निवासी ही योजना का लाभ ले सकेंगे यह योजना पोस्ट कोविड काल में देश के अन्य शहरों से वापस लौटे य्वा उद्यमियों के लिए प्रोत्साहन सिद्ध होगी और इस प्रकार रिर्वस माइग्रेशन को बढ़ावा देने का काम करेगी

सभी स्कूलों में सैनिटाईजेशन कराया गया है हर दो तीन दिन में सैनिटाइज करवाया जा रहा है साथ ही मास्क पहनने और सामाजिक दूरी पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है बैठक में अपर जिलाधिकारी दीपेन्द्र सिंह नेगी ने कहा कि त्योहारों के मौसम में बाजारों में काफी भीड़ हो रही है इसलिए काफी सर्तकता बरतने की जरूरत है

उन्होंने म्ख्य चिकित्साधिकारी को सैम्पलिंग दर को लक्ष्य के अन्रूप बढ़ाने और इसकी रिपोर्ट प्रस्त्त करने के निर्देश दिये हैं उन्होंने आरटी पीसीआर लैब में कम टेस्टिंग होने पर भी नाराजगी जतायी

लैब को पूरी क्षमता के अनुसार चलाये तभी सैम्पलिंग दर में इजाफा होगा रेशम प्रशिक्षण बागेश्वर जिले के कपकोट तहसील के चौड़ा गांव में रेशम उत्पादन अन्संधान केंद्र ने किसानों के लिए प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया इसमें किसानों को रेशम कीट पालन के बारे में जानकारी दी गई किसानों की आर्थिकी सुधारने के लिए रेशम कीट पालन को महत्वाकांक्षी योजना बताया गया प्रशिक्षण शिविर में आये वैज्ञानिकों ने कहा कि सरकार किसानों की आय दोग्नी करने का प्रयास कर रही है जिसके लिए रेशम कीट पालन महत्वपूर्ण कड़ी साबित होगी पांच दिवसीय कृषक कौशल प्रशिक्षण में किसानों को रेशम कीट पालन के ग्र सिखाए जाएंगे

वैज्ञानिकों ने उन्हें रेशम कीट पालन के लिए मणिप्री बांज का पौधारोपण करने के लिए प्रेरित किया नरेश बसल उत्तराखंड से राज्यसभा के लिए नवनिर्वाचित सदस्य नरेश बंसल ने नई दिल्ली में केन्द्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से म्लाकात की दोनों के बीच उत्तराखंड को सैन्य धाम बनाने और सैनिकों से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा ह्ई रक्षा मंत्री ने इन मुद्दों के जल्द निराकरण का आश्वासन दिया